राजद विधायक महेश्वर यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में टूट का दावा किया

दूरदर्शन के साठ वर्ष पूरे

मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की पीड़िता के साथ पश्चिम चंपारण के बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीड़िताओं की सुरक्षा का ध्यान रखे जाने के आदेश के बावजूद ऐसी घटना घटित होना शर्मनाक है उन्होने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को जांच समिति गठित करने के लिए पत्र लिखा गया है श्रीमती शर्मा ने कहा कि आयोग की एक टीम शीघ्र ही इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेगी गौरतलब है कि बेतिया नगर थाने में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की एक पीड़िता ने शनिवार को अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है इधर पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया है कि कि चारों आरोपितों की पहचान कर ली गयी है पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी अपर प्रलिस महानिदेशक जितेन्द्र कुमार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है राजद विधायक महेश्वर यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में टूट का दावा किया है मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट से विधायक श्री यादव ने कहा कि पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं और वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं श्री यादव ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव भाजपा से मिले हुये हैं और सरकार गिराकर राज्य में मध्यावधि चूनाव कराना चाहते हैं आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दो दिसम्बर से सुनवाई शुरू होगी इस मामले में तेजस्वी यादव सहित दूसरे आरोपी एक एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत पर है गौरतलब है कि लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुये आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक निजी कम्पनी को देने का आरोप है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में बहुत से समाचार चैनल हैं लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए द्रदर्शन को देखते हैं उन्होंने कहा कि द्रदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है आज नई दिल्ली में द्रदर्शन के साठवें स्थापना दिवस पर उन्होंने उम्मीद जताई कि बी बी सी और सी एन एन जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की तरह ही दूरदर्शन भी पूरी दुनिया में देखा जाने लगेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बन रहा है

विश्वसनीय खबर देखनी है तो तुरंत लोग दूरदर्शन न्यूज लगाते हैं अब एक डी डी इंडिया शुरू हो रहा है जो दुनियाभर में भारत की खबरें जैसे वी वी सी सी एन एन एन के वैसे ही आने वाले दिनों में डी डी न्यूज भी दुनिया में सब जगह देखने वाला एक बहुत रिलायबल चैनल होगा क्योंकि भारत एक महाशक्ति बन रहा है और बनेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पटना उच्च न्यायालय ने अस्सी के दशक में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में तृतीय श्रेणी में बहाल हुए एक सौ उनतीस कर्मचारियों की बहाली को वैध ठहराया है न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने अभिषेक पंकज और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन कर्मचारियों को हटाए जाने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर इस वर्ष दो अक्टूबर को कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोदी सरकार ने बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए हरसंभव उपाय किये हैं बाईट बापू का मानना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है

आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा था कि लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भारत को स्वच्छ बनाने के प्रति योगदान करना चाहिए

निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और आने वाले समय में स्वच्छता हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाएगा दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार रेलवे आज से स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है इसके तहत सभी स्टेशनों पर यात्रियों से संवाद कर उन्हें जागरूक किया जायेगा वहीं कल से रेलवे प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का एक व्यापक श्रमदान अभियान शुरू करेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए जाने वाले प्रदेश के लोगों की संख्या कम हो रही है श्री मोदी ने पटना में श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित मजदूर कल्याण दिवस समारोह को संबोधित करते हये कहा कि गैर हुनरमंद लोगों की घटती मांग को देखते हुये सरकार मजदूरों के कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है जनता दल यूनाईटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं है पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुये श्री सिंह ने कहा कि पार्टी इसे लेकर अपने पुराने रूख पर कायम है उत्तर भारत समेत राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगा सोन प्रनप्रन घाघरा गंडक और अन्य नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर तेजी से बढ़ा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर में कई जगहों पर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है पटना में गंगा नदी गांधी घाट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है वहीं सोन नदी का जलस्तर रोहतास के इंद्रपुरी भोजपुर के कोईलवर पटना के मनेर में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है इधर गंडक नदी वैशाली के हाजीपुर में खतरे के निशान के करीब बह रही है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया कोसी नदी खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई इलाकों में भीषण कटाव जारी है पूर्वोत्तर बिहार के ऊपर से मॉनसून की ट्रफ लाईन गुजरने के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के कई क्षेत्रों में मध्यम वर्षा हुई है पटना में कई इलाकों में बारिश होने से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में चार सेंटीमीटर जबकि सुरसंड त्रिवेणी गलगलिया और भीमनगर में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की सम्भावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका है सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में टंडसप्रर गांव में पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक पेट्रोल पम्प कर्मी से एक लाख पचपन हजार रूपये लूट लिये मुजफ्फरपुर पुलिस के समक्ष कुख्यात नक्सली व्रजनंदन दास ने आत्मसमर्पण कर दिया नक्सली की कई नक्सल मामलों में पुलिस को तलाश थी

राजद विधायक महेश्वर यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में टूट का दावा किया

दूरदर्शन के साठ वर्ष पूरे